फाइजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया हैं

दिशा निर्देश के अनुसार राज्यों को वैक्सीन कैरियर वैक्सीन वायल्स या आइसपैक को सीधे धूप के संपर्क में आने से बचाने के सभी उपाय करने को कहा गया है

प्रतापगढ़ में कल एक भी मामला नहीं मिला वहीं अन्य जिलों में नए मामलों की संख्या सौ से नीचे रही

उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली जिले के सोजत से विधायक शोभा चौहान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर उनके जल्द ठीक होने की कामना की है

इनकी जांच कल होगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल को नमन करते हुए कहा है कि उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह ने भी सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि दी है वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने टवीट संदेश में कहा कि वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उनका योगदान बहत बड़ा है

इससे सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है हालांकि आज माउंट आबू में कल के मुकाबले तापमान में बढ़ोतरी हुई है वहां पारा जमाव बिन्दु से उपर तीन डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया है